जयराम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि विकास के लाभ हर वर्ग को समान रूप से देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कांगड़ा जिला के सुलह में आज अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और नगरोटा बगवां में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मेलनों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कृशल नेतृतव में पिछले पांच वर्षो में सामाजिक व आर्थिक उत्थान की दिशा में किए गए कार्यों से नए भारत का निर्माण हुआ है

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दी है वे अनमने मन से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी हार नजदीक देखकर इनके नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के समर्थन में लोगों से सहयोग मांगा

भाजपा नेता विपिन परमार शांता कुमार और पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे

विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी दी

इस संबध मे आज अधिसूचना जारी की गई है ये विशेष भुगतान अवकाश सभी सरकारी व अर्धसरकारी कर्मचारियो और उद्योगों में कार्यरत कर्मियों को देय होगा जो उतराखंड के पंजीकृत मतदाता है ये भुगतान अवकाश कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान किए जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा बैठक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ठोस कचरा प्रबंधन नियम कार्यान्वयन संबंधी राज्य समिति की अध्यक्ष राजवंत संधु ने कचरे के समुचित निपटारे के लिए आवास स्तर पर तरल व ठोस कचरा अलग अलग एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं आज शिमला में शहरी स्थानीय निकायों और विभिन्न विकास खंडों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन की अनुपालना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण सुरक्षित होगा राजवंत संधु ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए ठोस व तरल कचरे का वैज्ञानिक निपटान जरूरी है उन्होंने सभी क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधि व नागरिकों की वार्ड स्तर पर समितियां गठित करने पर भी बल दिया मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है इस हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और कुछ जवान भी शहीद हुए हैं जयराम ठाकुर ने शोकग्रस्त परिवारों से संवेदनाएं जताते हुए कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और पूरा देश उनके परिवारों के साथ खड़ा है उन्होंने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमले में मारे गए संघ के प्रांत सहसेवा प्रमुख चंद्रकांत के परिवार के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र आने के बाद आतंकवादीयों व नक्सलियों के हौंसले बुलंद हो गए हैं शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और छत्तीसगढ़ में हुए हमले इसका नतीजा है सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून को समाप्त करने और अपराधियों को तुरंत जमानत पर छोडे जाने का कानून बनाने का वायदा किया है

सहायक निर्वाचक अधिकारी अमर नेगी ने ये जानकारी दी है जिले में जिस्पा मतदान केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल हैलीकॉप्टर की एक उड़ान भुन्तर किलाड़ तांदी डाईट भुंतर के बीच भरी जाएगी

दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस सम्मेलन बैठकें और घर घर जाकर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं इसी कड़ी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर मंडल के अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व पटल पर एक नई पहचान बनाई है अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मज़बूत हाथों में है इस बात को लोग समझ चुके हैं उन्होंने डोकलाम सहित उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राईक व पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राईक का जिक करते हुए एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया शांडिल इधर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने आज नौणी व आसपास के इलाकों में प्रचार अभियान चलाया इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और गांव गांव घर घर जाकर प्रचार अभियान में जुटी है शांडिल ने कहा कि पार्टी अपनी नीतियों के दम पर जीत हासिल करेगी उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान विकास करवाना भाजपा का संकल्प है और पार्टी ने अपना संकल्प पत्र सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया है सैजल भाजपा नेता राजीव सहजल ने कहा है कि पार्टी के संकल्प पत्र में दिव्यांगजनों व अन्य कमजोर वर्गो के उत्थान को प्राथमिकता दी गई है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास दुर्बल सशक्तिकरण के लिए न कोई विजन है और न ही नीति राजीव सैजल ने कहा कि दिव्यांगजनों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को मण्डी संसदीय क्षेत्र की चिंता सता रही है और इसी के चलते वे कांग्रेस पर बेब्नियाद बयानबाजी कर रहे हैं शिमला से जारी एक प्रैस ब्यान में उन्होंने कहा कि चारों संसदीय सीटों पर कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और भाजपा को अपनी हार का एहसास हो गया है कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनभावनाओं के साथ जबकि भाजपा तानाशाही के साथ चलती है इस बीच उन्होंने शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधि विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता भी की उधर कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने आज एक बैठक का आयोजन कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई स्वीप लोकसभा चुनाव में लोगों की सहभागिता बढ़ाने और नए मतदाताओं को नाम दर्ज करवाने सहित वोट के महत्व के बारे जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम के तहत कसुम्पटी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुग्गर में मतदाता जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान विद्यार्थियों ने कविता के माध्यम से सभी को मतदान के प्रति जागरूक किया स्वीप टीम के सदस्यों ने वीवीपैट के प्रयोग बारे विद्यार्थियों को जानकारी दी उधर किन्नौर जिले में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है